मुख्यमंत्री ने गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों के खाते में गोबर खरीदी की राशि के भुगतान की आज से की शुरूआत वहीं राज्य में शहीद महेन्द्र कर्मा तेंद्रपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना भी आज से शुरू हुई

उन्होंने कहा कि राम मन्दिर के निर्माण से देश के लोगों की इच्छा पूरी हो रही है प्रधानमंत्री ने अयोध्या में राम मन्दिर निर्माण के लिए भूमि पूजन किया और मन्दिर निर्माण की आधारशिला रखी इसके साथ ही अयोध्या में मन्दिर निर्माण का कार्य आज से शुरू हो गया भूमि पूजन के बाद मंच से संबोधन में श्री मोदी ने राम मन्दिर को राष्ट्रीय एकता का प्रतीक बताया प्रधानमंत्री ने कहा राम मंदिर राष्ट्रीय संस्कृति और जन जन की आस्था का प्रतीक है श्री मोदी ने कहा कि भारत के इतिहास में स्वर्णिम अध्याय लिखा जा रहा है और श्रीराम सदैव हमारे दिलों में रहेंगे श्री मोदी ने कहा कि आज पूरा देश भावुक है क्योंकि सदियों का इंतजार समाप्त हो रहा है करोड़ों लोगों को तो यह विश्वास ही नहीं हो रहा होगा कि उनका सपना साकार हो रहा है

करोड़ों लोगों को आज ये विश्वास ही नहीं हो रहा होगा कि वो अपने जीते जी इस पावन दिन को देख पा रहे हैं बरसों से टाट और टेंट के नीचे रहे हमारे राम लला के लिए अब एक भव्य मंदिर का निर्माण होगा

श्री मोदी ने कहा कि आज देशभर के लोगों के सहयोग से राम मन्दिर निर्माण का यह पुण्य कार्य शुरू हुआ है राम मंदिर के लिए कई कई सदियों तक कई कई पीढियों ने अखंड अविरत एक निष्ठ प्रयास किया आज का ये दिन उसी तप त्याग और संकल्प का प्रतीक है राम मंदिर के लिए चले आंदोलन में अर्पण भी था तर्पण भी था संघर्ष भी था संकल्प भी था त्याग बलिदान और संघर्ष से आज ये स्वप्न साकार हो रहा है प्रधानमंत्री ने कहा कि श्रीराम दीनदयालु थे और उनका जीवन दीन दुखियों के साथ प्रेम और सहयोग का बर्ताव करने की प्रेरणा देता है श्री मोदी ने कहा कि राम मन्दिर हमारी शाश्वत आस्था का प्रतीक बनेगा यह आने वाली पीढ़ियों के लिए आस्था श्रद्धा और विश्वास का प्रतीक होगा श्री मोदी ने कहा कि भव्य राम मन्दिर के निर्माण के बाद अयोध्या में हर क्षेत्र में अवसर बनेंगे और बढेंगे प्रधानमंत्री ने राम मन्दिर निर्माण की प्रक्रिया को राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया बताया उन्होंने कहा कि यह ऐतिहासक पल दिग दिगन्त और युगों युगों तक भारत की पताका फहराता रहेगा इस अवसर पर अनेक संत आध्यात्मिक नेता और राम मन्दिर आन्दोलन से जुडे अन्य नेता उपस्थित थे

यह क्षेत्र भगवान श्रीराम का ननिहाल माना जाता है बताया जाता है कि वनवास के दौरान उन्होने यहां लंबा समय बिताया था आज अध्योया में राम मंदिर की आधारशिला के लिए देश के जिन दौ सौ प्रतिष्ठित मंदिरों की धूलि को शामिल किया गया उनमें छत्तीसगढ़ के रतनप्र स्थित महामाया मंदिर और राम भगवान के नैनिहाल चंदख्री में स्थित कौशिल्या माता मंदिर की माटी भी शामिल हैं राज्य विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने सनातन समाज के लिए आज के दिन को ऐतिहासिक बताया उन्होंने कहा कि मंदिर के निर्माण से श्रद्वालुओं को भगवान श्रीराम के भव्य स्वरूप का दर्शन हो सकेगा उन्होंने प्रदेशवासियों से अपील की कि वे आज अपने घरों में दीप प्रज्जवलित कर खुशियां मनाएं इस मौके पर राजधानी रायपुर के पुरानी बस्ती रिथत प्राचीन दूधाधारी मठ में आज विशेष पूजा अर्चना हुई मंदिर में भगवान श्रीराम और माता जानकी का विशेष श्रृंगार किया गया

इस अवसर पर छत्तीसगढ़ गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष और मठ के महंत रामसंदर दास के साथ कई अन्य साधु संत तथा जनप्रतिनिधि मौजूद थे इसी तरह गरियाबंद के तिरंगा चौक स्थित राम मंदिर और सिविल लाइन के राम जानकी मंदिर में भी आज श्रीराम का जयघोष सुनाई दिया श्रद्वाल्ओं ने आतिशबाजी कर मिठाईयां बांटी वहीं धमतरी में इतवारी बाजार स्थित किले के श्रीराम मंदिर ट्रस्ट द्वारा भी आज विविध धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया आज रात मंदिर में दीपोत्सव पर्व महाप्रसादी और महाआरती का कार्यक्रम होगा

इन घाटों का सौंदर्यीकरण भी किया जाएगा वहीं नगर में आज महावीर चौक स्थित हनुमान मंदिर और श्रीराम मानस मंदिर में विशेष सजावट के साथ धार्मिक अनुष्ठान किए गए उधर कोरिया जिले में आज दीपोत्सव मनाने के लिए बैकुंठपुर विधायक अंबिका सिंहदेव ने दीपक बांटे वहीं मुंगेली के जिला भाजपा कार्यालय के साथ मंडल कार्यालयों में आज सोशल डिस्टेसिंग का पालन करते हुए भगवा ध्वज लहराने के साथ दीप जलाने का कार्यक्रम रखा गया है बालोद के कचहरी चौक स्थित हनुमान और राम मंदिर में आज भगवान राम की विशेष पूजा अर्चना कर आरती की गई दुर्ग के सेक्टर नाईन स्थित मंदिर में भी सांसद विजय बघेल की उपस्थिति में भगवान राम की पूजा की गई इस बीच राज्य सरकार ने घोषणा की है कि राम वनगमन परिपथ परियोजना के तहत चंदखुरी स्थित मां कौशिल्या मंदिर परिसर में सौंदर्यीकरण और विकास कार्य इस महीने के अंतिम सप्ताह से शुरू हो जाएगा यह कार्य करीब पन्द्रह करोड़ पचहत्तर लाख रूपए की लागत से किया जाएगा मुख्यमंत्री योजना शुभारंभ गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों के खाते में गोबर खरीदी की राशि का पहला भुगतान आज किया गया इसके अलावा आज से राज्य में शहीद महेन्द्र कर्मा तेंदूपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना की भी शुरूआत हुई मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर स्थित अपने निवास कार्यालय में आज आयोजित कार्यक्रम में गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों के खाते में राशि भेजने की शुरूआत की इस मौके पर उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हितग्राहियों से चर्चा भी की योजना के पहले चरण में राज्य के चार हजार से अधिक गौठानों में करीब सैंतालीस हजार हितग्राहियों ने गोबर बेचा था इसके बदले में दो रूपये प्रति किलो की दर से आज इन पशुपालकों के खातों में एक करोड़ पैंसठ लाख रूपये की राशि भेजी गई इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यह देश दुनिया में एक अनूठी योजना है और इससे ग्रामीणों किसानों और पश्पालकों को बारहों महीने रोजगार मिलेगा वहीं मुख्यमंत्री ने राज्य में तेंद्रपत्ता संग्रहण कार्य में लगे परिवारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से शहीद महेन्द्र कर्मा के नाम पर आज एक योजना का भी शुभारंभ किया

राजधानी रायपुर स्थित सेंट्रल जेल में आज रैपिड टेस्ट में सोलह कैदी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं इन मरीजों का सैंपल आरटी पीसीआर जांच के लिए भेजा जा रहा है जेल डीआईजी डॉक्टर केके गुप्ता ने बताया कि कुछ दिन पहले जेल परिसर में ड्यूटी करने वाले चार प्रहरी पॉजिटिव मिले थे ये सभी मरीज बिना लक्षण वाले थे इनके पॉजिटिव पाए जाने के बाद उनके संपर्क में आए जेल कर्मियों और कैदियों का रैपिड टेस्ट कराया गया उन्होंने बताया कि जो सोलह कैदी रैपिड टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए हैं उनमें भी कोरोना के कोई लक्षण नहीं है डॉक्टर गुप्ता ने बताया कि सतर्कता बरतते हुए जेल के अन्य कर्मियों की भी कोरोना जांच कराई जाएगी उधर दुर्ग जिले में आज अब तक कोरोना पॉजीटिव सैंतालीस नये मरीजों की पहचान की गई है कोविड केयर सेंटर के प्रभारी डॉक्टर अनिल शुक्ल ने बताया कि इन मरीजों को अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है राजनांदगांव में स्वास्थ्य विभाग ने आज अब तक सत्रह नये मरीजों की पुष्टि की है इनमें से ग्यारह आईटीबीपी के जवान है बलौदाबाजार जिले में भी आज शाम तक पन्द्रह नये मरीजों की पुष्टि हुई है वहीं आज जिला कोविड अस्पताल से छह मरीजों को स्वस्थ होने के बाद छुट्टी दे दी गई वहीं बीते चौबीस घंटों के दौरान राज्य में तीन सौ तिहत्तर नये कोरोना मरीज मिले हैं इनमें से एक सौ छप्पन मरीज रायपुर के हैं बीते चौबीस घंटों में कोरोना संक्रमण से आठ लोगों की मौत भी हुई है इस तरह राज्य में अब तक उनहत्तर मरीजों की मौत हो चुकी है प्रदेश के अस्पतालों में अभी सक्रिय मरीजों की संख्या ढाई हजार से अधिक है महासमुंद जिले में बीती देर रात कोरोना पॉजिटिव तेरह नये मामले सामने आए इनमें पिथौरा में पदस्थ एक शासकीय चिकित्सक भी शामिल है कल जो मरीज मिले हैं उनमें से छब्बीस मामले कोंडागांव जिले के हैं इन मरीजों में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के पच्चीस जवान शामिल हैं वहीं बस्तर जिले से नौ पॉजिटिव मामले मिले हैं इस बीच राजनांदगांव जिले के अट्ठारह संक्रमित मरीजों को ठीक होने के बाद कल अस्पताल से छुट्टी दे दी गई उधर कबीरधाम जिले में कल कोरोना वायरस से संक्रमित छह नये मरीज मिले हैं इनमें से पांच पुलिसकर्मी है इन मरीजों का इलाज कवर्धा के कोविड केयर सेंटर में किया जा रहा है कोरोना जांच सुविधा रायपुर जिले में कोरोना संक्रमित मरीज होम आइसोलेशन के लिए नियुक्त किए गए नोडल अधिकारी के पास अपना आवेदन भेज सकेंगे अपर कलेक्टर विनीत नंदनवार ने इस संबंध में जरूरी निर्देश जारी किए हैं उन्होंने बताया कि जिले में होम आइसोलेशन की अनुमति देने के लिए डॉक्टर मनोज कुमार और डॉक्टर अनिल परसाई को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है होम आइसोलशन के लिए आवेदन प्राप्त होने पर नोडल अधिकारी मरीज के आवास का भौतिक सत्यापन करेंगे इसके बाद ही घर पर रहकर मरीज को इलाज कराने की अनुमति दी जाएगी वहीं कोरिया जिले के सभी विकासखंडों में कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर विशेष ऐहतियात बरता जा रहा है जिला प्रशासन ने संदिग्ध मरीजों की निःशुल्क जांच के सभी विकासखंडों में जांच केन्द्र स्थापित किए हैं इस बीच राजनांदगांव मेडिकल कालेज अस्पताल में कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए आरटी पीसीआर जांच केन्द्र शुरू हो गया है जिला कलेक्टर टीके वर्मा ने उम्मीद जताई कि यह सुविधा शुरू होने से नमूनों की जांच में तेजी आएगी माओवादी मुठभेड़ बीजापुर जिले में आज माओवादियों और सुरक्षा बलों के बीच हुई मुठभेड़ में एक महिला माओवादी मारी गई जिले के पुलिस अधीक्षक कमलोचन कश्यप ने बताया कि डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड स्पेशल टॉस्क फोर्स कोबरा बटालियन और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल द्वारा माओवादियों के खिलाफ संयुक्त अभियान चलाया जा रहा है इस दौरान आज इशुलनार और पुन्नुर के जंगलों में माओवादियों के साथ मुठभेड़ हुई सर्चिंग अभियान के दौरान एक महिला माओवादी का शव बरामद किया गया मौके से बारह बोर की एक बंदूक कारतूस डेटोनेटर विस्फोटक सामग्री और अन्य सामान बरामद किए गए हैं

भारत को ज्ञान के क्षेत्र में अत्यंत शक्तिशाली बनाने के लिए शिक्षण अनुसंधान और नवाचार की दिशा में प्रयास किए गए हैं इन प्रयासों से पिछले छह वर्षो में देश में न केवल शिक्षा क्षेत्र का कायाकल्प हुआ है बल्कि देश में शिक्षा का मजबूत बुनियादी ढांचा भी विकसित हुआ है

सभी को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए हाल ही में एक नयी शिक्षा नीति शुरू की गई इसका मकसद मौजूदा प्रणाली में व्यापक बदलाव लाना है यह नई नीति अंतर विषयक पर केंद्रित होगी क्योंकि छात्रों के लिए अवसरों के नये द्वार खोलेगी एक अन्य पहल पीएम ई विद्या डिजिटल ऑनलाइन और ऑन एयर प्लेटफॉर्म के जरिए शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित करेगी

प्रतिभावान छात्रों को तैयार करने के लिए एक अनूठी पहल प्रधानमंत्री इनोवेटिव लर्निंग प्रोग्राम धुव की भी शुरूआत की गई है

इसमें रेडियो और सामुदायिक रेडियो स्टेशनों का व्यापक उपयोग भी शामिल होगा छात्रों शिक्षकों और अभिभावकों के लिए मनोदर्पण नामक एक तंत्र को भी अमल में लाया गया है जोकि उनके मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में सहायक होगा मौसम मौसम विभाग ने आगामी चौबीस घंटों के दौरान राज्य के अनेक इलाकों में भारी बारिश होने की चेतावनी दी है रायपुर बिलासपुर दुर्ग और दंतेवाड़ा सहित चौदह जिलों के लिए यलो अलर्ट जारी किया गया है रायपुर स्थित मौसम विभाग के अनुसार उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी और ओड़िशा के उत्तरी इलाके में एक निम्न दाब का क्षेत्र बना हुआ है इसके असर से आगामी चौबीस घंटों के दौरान राज्य के अधिकतर इलाकों में भारी होने के साथ ही आकाशीय बिजली गिरने की आशंका जताई गई है राजधानी रायपुर में आज सुबह तेज बारिश हुई इसी तरह राजनांदगांव में भी मूसलाधार बारिश होने से निचली बस्तियों में पानी भर गया जिससे लोगों को काफी परेशानी हुई

पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है

जांजगीर के चंद्रपुर में एक पटवारी से मारपीट करने के आरोपी में पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है इस मामले में पहले ही छह आरोपियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है रायपुर जिला प्रशासन ने खरोरा में परियोजना मेसर्स अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड द्वारा केसला में लाइन स्टोन माइन ब्लॉक की स्थापना के लिए सात अगस्त को होने वाली लोक सुनवाई को आगामी आदेश तक के लिए स्थगित कर दिया है रायपुर पुलिस ने आज एक वाहन से करीब एक सौ दस किलो गांजा बरामद किया है इसकी अनुमानित कीमत लगभग साढ़े छह लाख रूपए बताई जा रही है पुलिस गाड़ी मालिक की तलाश कर रही है दुर्ग में मोहन नगर पुलिस ने भी तितुरडीह क्षेत्र से बीती रात दो किलो गांजा बरामद किया इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है प्रवासी मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आज धमतरी में जिला रोजगार और मार्गदर्शन केन्द्र द्वारा प्लेसमेंट कैम्प का आयोजन किया गया

राजनांदगांव जिले के मोहला थाना क्षेत्र में करीब बाईस लाख रूपए की राशि के गड़बड़ी के मामले में प्राथमिक लघ् वनोपज सहकारी समिति गोटाटोला के प्रबंधक और अध्यक्ष को गिरफ्तार किया गया है जांजगीर चांपा जिले के हसौदा थाना क्षेत्र स्थित भातमाहुल गांव के पास कल नदी में नहाने के दौरान बह गए ग्रामीण की लाश आज बरामद हई महासमुंद जिले के बसना जनपद पंचायत के तहत सरकंडा और लंबर पंचायत के दो रोजगार सहायकों को मनरेगा के कार्य में लापरवाही बरतने के आरोप में बर्खास्त कर दिया गया है